प्रदेश में स्वाईन फ्लू की रोकथाम के लिये सघन स्क्रीनिंग अभियान फिर से शुरू

उच्चतम न्यायालय शारदा चिटफंड मामले में सब्तों को नष्ट करने और जांच में बाधा डालने के लिए कोलकाता पुलिस अधिकारियों के खिलाफ न्यायालय की कथित अवमानना के मामले में सीबीआई की याचिका पर आज सुनवाई करेगा जांच एजेंसी ने कल इस मामले में उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल कर पश्चिम बंगाल सरकार को यह निर्देश देने का अनुरोध किया कि वहां की सरकार चिट फंड मामले में जांच में सहयोग करें इधर भारतीय जनता पार्टी ने उन आरोपों को खारिज कर दिया है जिनमें कोलकाता पुलिस आयुक्त के खिलाफ सी बी आई कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बताया गया है भाजपा ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बजर्नी शारदा चिटफंड घोटाले में भ्रष्ट लोगों को बचा रही हैं भाजपा ने पुलिस आयुक्त के साथ धरने पर बैठने के लिए सुश्री बनर्जी की कड़ी आलोचना की है

इनमें कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता शामिल थे

प्रदेश में स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए संघन स्क्रीनिंग अभियान दुबारा शुरू किया गया है

चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉरघ् शर्मा ने सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों और अन्य चिकित्साकर्मियों के ड्यूटी के समय अपने घरों में प्रेक्टिस करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं कल जयपुर में आयोजित एक समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि सरकारी समय के दौरान अपने घरों में बैठकर प्रेक्टिस करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा प्रदेश में कैंसर की नवीनतम दवाओं को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा सूची में शामिल किया जाएगा साथ ही कैंसरग्रस्त मरीजों की बढती हुई संख्या के मददेनजर प्रतापनगर में अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट पर कार्य भी शुरू होगा

प्रदेश के सहकारी क्षेत्र में नये सुपरस्टोर खोले जायेंगे सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने कल जयपुर में न्यू सांगानेर रोड स्थित स्वेज फार्म पर सुपर स्टोर की शुरूआत करते हुए ये घोषणा की

श्री आंजना ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सहॅकारी क्षेत्र में सुपर स्टोर की श्रंखला शुरू करने जा रही है ताकि उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पाद एक ही छत के नीचे उचित मुल्य पर मुहैया कराये जा सकें प्रदेश में अलग अलग हादसों में पांच लोगों की मृत्यु हो गई चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा में कल कार की टक्कर से मोटरसाईकिल पर सवार दादी पोते की मौके पर ही मौत हो गई वहीं एक अन्य महिला सहित दो लोग घायल हो गए सीकर में मावंडखुर्द बंधा की ढाणी के पास तेज गति से जा रही मोटरसाईकिल सड़क किनारे खड़ी ट्रेक्टर ट्रोली में घुस गई हादसे में मोटरसाईकिल पर सवार दोनो युवकों की मौत हो गई हनुमानगढ़ जिले में संगरिया रेल्वे स्टेशन के पास कल एक युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई प्रदेशभर में सड़क सुरक्षा सप्ताह आयोजित किया जा रहा है कल से शुरू हए इस आयोजन में इस बार सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा थीम रखी गई है

भरतपुर पुलिस ने जयपुर एटीएस की सूचना के बाद आगरा जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाकाबंदी कर एक कार से छह किलो सात सौ ग्राम अफीम बरामद कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया यह अफीम नक्सली क्षेत्र झारखण्ड से लाकर पंजाब में सप्लाई के लिए ले जाई जा रही थी

चित्तौड़गढ़ के मेवाड़ विश्वविद्यालय के सभी संकायों को योग शिक्षा से जोड़ा जायेगा और योग शिक्षा में डिप्लोमा के साथ साथ उपाधि भी दी जाएगी विश्वविद्यालय के कुलपति ने कल पत्रकारों को बताया कि विश्वविद्यालय में योग शिक्षा में डिप्लोमा स्नातक स्नातकोत्तर एफ फिल और पी एच डी तक की शिक्षा दी जायेगी